प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े पिछले चौबीस घंटों में नौ हजार छह सौ पनचांनवे नये मामले सामने आये सक्रिय मामलों की संख्या अड़तालीस हजार से अधिक राज्य में कृषक उत्पादक संगठनों को भी सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ क्रय केन्द्र खोलने की मिली अनुमति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

सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें

मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे

उन्होंने कहा कि कोविड अस्पतालों में दवाओं मेडिकल उपकरणों तथा आक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता रहे मृख्यमंत्री ने लखनऊ प्रयागराज वाराणसी कानपुर नगर गाजियाबाद गोरखपुर मुरादाबाद तथा सहारनपुर में प्राथमिकता के आधार पर लक्षित आयु वर्ग के लोगों का कोविड टीकाकरण कराने के निर्देश दिये मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्यारह से चौदह अप्रैल तक प्रदेश भर में टीका उत्सव आयोजित किया जायेगा उन्होंने कहा कि टीका उत्सव में प्रदेश के लक्षित आयु वर्ग के लोग बढ़ चढ़ कर भाग ले उन्होंने इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिये कार्य योजना बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि इस कार्यक्रम में सोशल डिस्टेसिंग तथा मास्क के अनिवार्य उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जाये मुख्यमंत्री ने लखनऊ के बलरामपुर चिकित्सालय में तीन सौ बेड का कोविड अस्पताल और दो अन्य प्राइवेट अस्पतालों को पूरी तरह से कोविड अस्पताल के रूप में संचालित करने के भी अधिकारियों को निर्देश दिये उन्होंने कहा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता और सैनिटाजेशन का कार्य अमियान चला कर किया जाये इससे कोरोना के साथ साथ डेंगू और मलेरिया जैसे रोगों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी उन्होंने रेलवे स्टेशन तथा हवाई अड्डों पर लोगों की स्क्रीनिंग के साथ साथ आवश्यकतानुसार रैपिड एंटीजन टेस्ट के माध्यम से जांच की व्यवस्था को प्रभावी बनाये रखने के भी निर्देश दिये

तीन जिले ऐसे हैं जहां पिछले इक्कीस दिनों में कोविड का कोई नया मामला नहीं देखा गया है और पिछले अट्ठाईस दिनों में तिरसठ जिलों में संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया है मंत्री समूह की यह चोबीसवीं बैठक थी

उन्होंने आश्वासन दिया कि बढ़ते मामलों से निपटने के लिए समी आवश्यक उपाए किए जा रहे हैं उन्होंने कहा कि देश ने कोविड के प्रबंधन के लिए अस्पतालों के बुनियादी ढांचे में भी सुधार किया है उन्होंने कहा कि चार हजार से अधिक समर्पित कोविड स्वास्थ्य केंद्र भी स्थापित किए गए हैं प्रदेश में बढ़ते कोविड मामलों के बीच रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने राज्य की राजधानी लखनऊ में कोविड की स्थिति के बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की प्रदेश में कल नौ हजार छः सौ पन्चानबे नए कोविड मामले दर्ज किए गए और उनमें से एक तिहाई केवल लखनऊ में थे रक्षा मंत्री ने लखनऊ में मौजूदा कोविड की स्थिति पर चिंता व्यक्त की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें बताया कि राज्य सरकार शहर के विभिन्न अस्पतालों में बिस्तर की क्षमता का विस्तार कर रही है उन्होंने बताया कि कुछ अस्पताल कोविड के इलाज के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं लखनऊ में वर्तमान में तेरह हजार चार सौ अठहत्तर सक्रिय कोविड रोगी हैं और पिछले चौबीस घंटों में शहर में चौदह लोगों की मौत हुई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के लोगों से अपील की है कि वे कल से शुरू होने वाले टीकाकरण अमियान में हिस्सा लें और कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें राज्य सरकार टीका उत्सव की तैयारी कर रही है जो कल राज्य में छः हजार टीकाकरण केंद्रों पर शुरू होगा मुख्यमंत्री प्रदेश की राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल जनप्रतिनिधियों और धर्म प्रमुखों के साथ तीन दिनों तक टीकाकरण पर आयोजित वेबिनार में भाग लेंगे वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार प्रभावी कदम उठा रही है इसके लिए कान्द्रेक्ट ट्रेसिंग टेस्टिंग सर्वितेंस की कारवाई की जा रही है साथ ही संक्रमिक लोगों को उचित उपचार की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है कोरोना को नियंत्रित करने के लिए संक्रमण की चेन को तोड़ना आकश्यक है इसके लिए समी सम्मिलित प्रयास जागरूकता और साक्षानी अत्यंत आवश्यक है कोरोना महामारी को नियंत्रित करने के टीकाकारण की महत्वपूर्ण भूमिका है आदरणीय प्रषानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने आगामी ग्यारह अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फूले जी की जयंती से लेकर चौदह दो हजार इक्कीस को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अप्रेडकर जी की जयंती तक टीका उत्सव मनाए जाने का आहवान किया है

प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं पिछले चौबीस घंटे के दौरान राज्य में कोरोना के नौ हजार छह सौ पनचांनवे नये मामले सामने आये हैं कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या अड़तालीस हजार से ऊपर पहुंच गई है यह जानकारी देते हुए प्रदेश के अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाई गई है अब तक कूल तीन करोड़ तिरसठ लाख से अधिक सैम्पलों की जांच की गई है उन्होंने बताया कि लखनऊ कानपुर प्रयागराज वाराणसी में कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकारी और निजी कार्यालयों में पचास प्रतिशत कर्मचारियों के साथ कार्य करने का आदेश जारी किया जा रहा है इसके अतिरिक्त शेष पचास प्रतिशत कर्मचारी वर्क फॉम होम करेंगे

प्रदेश में एक अप्रैल से किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीदने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि एक नई व्यवस्था के तहत कृषक उत्पादक संगठनों को भी सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ क्रय केन्द्र खोलने की अनुमति दी गई है यह व्यवस्था प्रदेश में पहली बार हो रही है गेहूँ खरीद का अमियान पन्द्रह जून तक जारी रहेगा प्रदेश सरकार के अधीनस्थ सभी विभागों और उससे संबद्ध संस्थाओं के कार्यालयों में कोविड हेल्प डेस्क स्थापित की जायेगी राज्य के मुख्य सचिव राजेन्द्र क्मार तिवारी ने बताया कि इस संबंध में सभी विभागों को दिशा निर्देश जारी कर दिये गये हैं कोविड हेल्य डेस्क द्वारा सभी कर्मचारियों की नियमित रूप से स्क्रीनिंग की जायेगी और स्क्रीनिंग के दौरान चिन्हित बुखार खांसी और सांस लेने में परेशानी से पीड़ित व्यक्तियों की सूचना स्वास्थ्य विभाग के नियंत्रण कक्ष को दी जायेगी डेस्क द्वारा कर्मचारियों को आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग करने के लिये भी प्रेरित किया जायेगा